बिहार में पेट्रोल और डीजल ढाई रूपये सस्ता हो गया है केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपये की कटौती की घोषणा के बाद आधी रात से बिहार सहित देश के कई अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ढाई रूपये की कमी हुई है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि वे पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कम से कम ढाई रूपये की कटौती करें इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वैट में ढाई रूपये की कटौती को लेकर केन्द्र सरकार का कोई पत्र अभी नहीं मिला है उन्होंने कहा कि पत्र मिलने पर उसका अध्ययन किया जायेगा और फिर कोई फैसला होगा सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को मिली साढ़े तीन साल की सजा की अवधि बढ़ाने के लिए रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर की है याचिका में श्री प्रसाद के अलावा अन्य सजायाफ्ता लोगों की सजा की अवधि बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है एक अन्य याचिका में सीबीआई ने इस मामले में आरोपित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर जगन्नाथ मिश्र पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद और ध्रव भगत को बरी करने के लिए भी सीबीआई ने कोर्ट को चुनौती दी है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच के दौरान एक नाबालिग लड़की का नरकंकाल मिला है जांच के सिलसिले में बरामद नरकंकाल के नमूनों को फोरेंसिंक जांच के लिये भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से ये जानकारी दी गयी सीबीआई ने कहा कि नरकंकाल की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हड्डियां कितनी पुरानी हैं इस मामले की अगली सुनवाई बाईस अक्टूबर को होगी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भी समन भेजा है गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह से गायब लड़कियों के अवशेषों की तलाश में सीबीआई ने सिकंदरपुर में शमशान में खुदाई कराकर नरकंकाल निकलवाये थे राज्य पुलिस मुख्यालय ने नवरात्र पर विवि व्यवस्था को लेकर जिलों को अलर्ट जारी किया है

दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना को हाई सिक्यूरिटी जोन में रखा गया है इसके लिए पूरे शहर को दस सेक्टरों में बांट कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं पटना समेत अन्य जिलों के सौ कुख्यातों पर सीसीए थर्ड लगाकर इनको तड़ीपार किया जायेगा दुर्गा पूजा दीपावली और छठ में अनहोनी की आशंका को देखते हुए इन पर शिकंजा कसने की तैयारी है एनआईए द्वारा देश को दहलाने की आतंकी साजिशों के खुफिया अलर्ट के बाद उत्तर बिहार की जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं गौरतलब है कि देश में विभिन्न जगहों पर बम विस्फोटों में पकड़े गये आईएम से जुड़े तेरह आतंकियों में से बारह दरभंगा के हैं आयकर विभाग ने राजधानी पटना के दो हजार जमीन मालिकों को नोटिस जारी किया है ये जमीन मालिक बिल्डरों और डेवलपरों के साथ एग्रिमेंट करके बड़ी बड़ी बल्डिंग बना चुके हैं ऐसे जमीन मालिकों से पैनाल्टी समेत बकाये आयकर की वसूली के लिए यह नोटिस जारी किया गया है राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि खरीफ में किसानों को अब पांच सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलेगा पटना में एक कार्यक्रम में यह घोषणा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि यह अनुदान बिचड़ा के लिए दो सिंचाई के लिए दिये गये अनुदान से अलग होगा उन्होंने बताया कि ड्रीप स्प्रींकलर पर भी अनुदान पचहत्तर प्रतिशत से बढ़ाकर नब्बे प्रतिशत करने का प्रस्ताव है कृषि विभाग ने इस वर्ष रबी उत्पादन का लक्ष्य तय कर लिया है रबी मौसम में इस वर्ष एक करोड़ पैंतालीस लाख पचपन हजार टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य है जो पिछले वर्ष से लगभग नौ लाख टन अधिक है इसके साथ ही इस वर्ष खेती का रकबा भी लगभग पचास हजार हेक्टेयर बढ़ाया गयाा है प्रदेश के नौ जिलों में जैविक सब्जी की खेती करने वाले किसानों को उद्यान निदेशालय से अग्रिम इनपुट सब्सिडी दी जायेगी इसमें पटना नालंदा वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय मुंगेर भागलपुर और खगड़िया में गंगा राजकीय या राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे गांव में जैविक कोरिडोर विकसित किया जायेगा इसके लिए उनतीस जिलों में अलग अलग फसलों के लिए जैविक खेती पर अनुदान का प्रावधान होगा राज्य के बयालीस शहरी स्थानीय निकायों में गीले कचरे से जैविक खाद बनायी जायेगी इस योजना पर पांच सौ छप्पन करोड़ रूपये खर्च होंगे इस राशि से जैविक खाद बनाने के लिए प्लांट लगाया जायेगा यूएलबी बोर्ड ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में लोकल सिस्टम विकसित होने और लौटते हुए मानसून के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में उतार चढाव का सिलसिला जारी रहेगा इसके कारण राज्य में कुछ स्थानों पर आंधी पानी की स्थितियां बनी रहेंगी इस बीच प्रदेश के कई शहरों में कल गरज के साथ झमाझम बारिश हुई है पश्चिम चंपारण समस्तीपुर मुजफ्फरपुर और भागलपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई बिहार सरकार ने सरकारी बैठकों में अधिकारियों के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है

जारी निर्देश में कहा गया है कि उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों के मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी अधिकारी अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और विकास आयुक्त के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मोबाइल फोन नहीं रखेंगे शिवहर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में एक हार्डकोर नक्सली और अंतर जिला चोर गिरोह के दो सदस्यों सहित आठ अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है देश के हवाई अड्डों में जल्द ही चेहरे की पहचान से प्रवेश मिलेगा केन्द्र सरकार चेहरे की बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित डिजि यात्रा योजना जल्द ही शुरू करेगी यह योजना निःशुल्क होने के साथ ही सुरक्षित और स्वैच्छिक होगी पटनासिटी के एक कारोबारी से तीस लाख रूपये की रंगदारी मांगने के बाद रंगदारों ने दहशत फैलाने के लिए व्यवसायी के घर पर दो बम धमाके किये पीड़ित व्यवसायी ने मालसलामी थाने में मामला दर्ज कराकर सुरक्षा की गुहार लगायी है दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ द्रष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया भागलपुर जिले में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गठित पूलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया रोहतास जिले में नौहट्टा थाना क्षेत्र के सुकरली वीगहा गांव के निकट रोहतास नौहट्टा मार्ग पर स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से ढाई लाख रुपये लूटकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

दैनिक हिन्द्रस्तान पहले टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ के शतक को सूर्खी बनाते हुए लिखा है गया के लाल का पहले टेस्ट में शतक दैनिक जागरण लिखता है इंदिरा आवास पुनर्निर्माण के लिए मदद देने वाला बिहार पहला राज्य प्रभात खबर का शीर्षक है स्मार्ट डिजिटल पैमेंट चैलेंज पटना छप्पनवें और बिहारशरीफ उनसठवें नम्बर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने कोन्द्र से मांगा जवाब मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसे कांड को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये और अब अंत में मुख्य समाचार पेट्रोल और डीजल ढ़ाई रूपये हुआ सस्ता